केन्द्र प्रवासी कामगार केन्द्र सरकार ने राज्यों से यह स्निश्चित करने को कहा है कि प्रवासी कामगारों को घर वापसी के लिए पैदल न चलना पड़े क्योंकि सरकार उनकी यात्रा के लिये बसों के अलावा सौ से ज्यादा श्रमिक स्पेशल रेलगाड़ियां रोज चला रही है केन्द्रीय गृहसचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि लोगों को केन्द्र सरकार की व्यवस्था से अवगत कराया जाना चाहिए ताकि उन्हें पैदल चलने की नौबत न आए उन्होंने कहा कि घर लौटने के इच्छ्क श्रमिकों को पास के आश्रय स्थलों पर ले जाकर उन्हें बस या रेलगाड़ी मिलने तक भोजन पानी म्हैया कराया जाना चाहिए ग़ह सचिव ने कहा कि कामगारों की घर वापसी के लिए जरूरी होने पर रेल मंत्रालय और अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाएगा

इसका उददेश्य कृषि क्षेत्र में ब्नियादी ढांचे लॉजिस्टिक्स और क्षमता निर्माण को मजबूत करना है वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने किसानों के लिए एक लाख करोड रूपये का कृषि ढांचागत कोष बनाने की भी घोषणा की है

इसके अलावा माइक्रो खादय उपक्रम मवेशी टीकाकरण डेयरी क्षेत्र हर्बल खेती मध्मक्खी पालन और फल तथा सब्जियों के लिए भी योजनाओं की घोषणा की गई है श्रीमती सीतारामन ने बताया कि सरकार किसानों कृषि उपज संगठनों प्राथमिक सहकारी संगठनों कृषि उद्यमियों और कृषि ढांचागत कोष के तहत स्टार्टअप के लिए एक लाख करोड रूपये देगी

इस योजना से दो लाख माइक्रो खाद्य उपक्रमों को लाभ होगा

उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि इन उपायों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था मेहनतकश किसानों मछ्आरों पश्पालन और डेयरी क्षेत्रों को मदद मिलेगी श्री मोदी ने कृषि क्षेत्र में सुधार पहलों का विशेष रूप से स्वागत किया जिनसे किसानों की आय में वृद्धि होगी मुख्यमंत्री प्रतिक्रिया म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि केन्द्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन द्वारा की गई राहत घोषणाओं से किसान पश्पालकों मछली पालकों आदि की जिन्दगी में क्रांतिकारी बदलाव आएगा श्री चौहान ने कहा कि कृषि भंडारण आपूर्ति आदि के लिए दी जाने वाली एक लाख करोड़ रूपए की सहायता से कृषि ढांचा मजबूत होगा तथा किसानों को अत्याधिक लाभ होगा

वहीं दूसरे प्रदेशों के मजदूरों को भी राज्य की सीमा पर छुड़वाया जा रहा है

श्री चौहान कल मंत्रालय में वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में कोरोना की स्थिति एवं व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे थे म्ख्यमंत्री ने सभी मजदूरों के लिए भोजन पानी की व्यवस्था स्निश्तित करने के भी निर्देष दिए बीजासन घाट इन्दौर संभागआय्क्त आकाश त्रिपाठी और प्लिस महानिरीक्षक विवेक शर्मा ने कल बड़वानी जिले के बिजासन घाट पहुंचकर महाराष्ट्र से प्रदेश में प्रवेश करने वाले उत्तरप्रदेश और बिहार के मजदुरो को निःशुल्क बसो के माध्यम से उनके राज्य तक भेजने की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया इस दौरान मीडिया से चर्चा के दौरान श्री त्रिपाठी ने बताया कि राज्य सरकार मानवता के कारण मजदूरों को बसो के माध्यम से निःश्ल्क उनके राज्यों की सीमा तक पहंचाया रही है

देवास से बसों के माध्यम से श्रमिकों को उनके गंतव्य के लिये रवाना किया गया

उमरिया से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में एक य्वक कोरोना पाजिटिव मिला है ये प्रवासी मजदूर बुधवार को लौटा था जिसे जिला म्ख्यालय पर बनाये गये क्वरांटाइन सेन्टर में रखा गया है

ये सभी एक ही क्षेत्र गोसलप्र के निवासी हैं

आदिवासी बाहल्य बैतूल जिले में दो कोरोना पाजिटिव मिले हैं बताया जा रहा है कि तारा गांव में एक परिवार मुम्बई से आया था इन्ही में से दो सदस्य संक्रमित पाए गए हैं नक्सली हमला बालाघाट जिले में कल एक नक्सली हमले में राज्य प्लिस की विशेष हॉक फोर्स का एक हेड कांसटेबल घायल हो गया हमला हट्टा पुलिस थाना क्षेत्र के तहत ठाकुर तोला गांव के पास ह्आ उधर मंडला के मवई थाना क्षेत्र के जंगल में अज्ञात नक्सलियों ने परिवहन के लिये रखी लकड़ियों में आग लगा दी प्लिस अधीक्षक दीपक श्क्ला ने बताया कि मामले की जाँच की जा रही है

कई घायल ह्ए हैं ये फरीदाबाद से गोरखपुर आ रहे थे

कलेक्टर भरत यादव ने बताया कि कंटेनमेंट एरिया को छोड़कर ज्यादातर क्षेत्रों में राहत दी जा सकती है

जो मजद्रों को भोजन पानी की व्यवस्था कर रहे हैं